बुलेटिन की शुरूआत से पहले ये संकल्प कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

श्री मोदी आज वाराणसी में कई विकास परियोजनाओं के शुभारंभ समारोह को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने दशकों तक किसानों के साथ छल किया किसान के ऋणों को माफ नहीं किया और उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ तक नहीं दिया वे अब झूठा प्रचार कर रहे हैं

श्री मोदी ने कहा कि पहले मंडी के बाहर हुए लेनदेन गैरकानूनी थे लेकिन नये कृषि सुधारों से छोटे किसान मंडी के बाहर अपनी शर्तों पर कृषि उपज बेच सकते हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित तो होता था लेकिन इस मूल्य पर खरीद बहुत कम की जाती थी श्री मोदी ने कहा कि पिछले पांच साल में उनके कार्यकाल में एमएसपी पर धान की रिकार्ड खरीद की गयी

मंडियों को आधुनिक बनाने के लिए करोडो रुपये खर्च किये गये हैं

प्रधानमंत्री ने भरोसा जताया कि जिन किसानों को कृषि सुधारों पर आशंकाएं हैं वो भी भविष्य में इनका लाभ उठाकर अपनी आय बढ़ायेंगे प्रधानमंत्री ने कहा कि आशंकाओं के आधार पर भ्रम फैलाने वालों की सच्चाई लगातार सामने आ रही है यही कारण है कि जब किसान एक विषय पर झूठ को पकड़ लेते हैं तो ये दूसरे विषय पर झूठ फैलाने लगते हैं श्री मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पर भी झूठ फैलाने का प्रयास किया गया था

स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार स्वस्थ होने की दर संतानवे दशमलव एक एक प्रतिशत है जो राष्ट्रीय औसत से तीन प्रतिशत से अधिक है दूसरी तरफ पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोविड उन्नीस के चार सौ संतावन नये मामलों की प्रष्टि होने के साथ ही संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर दो लाख पैंतीस हजार छह सौ सोलह हो गयी है पटना से सबसे अधिक एक सौ चौवन नये मामलों की पुष्टि हुई है वहीं पूर्णिया और सहरसा से उनतीस उनतीस मामले सामने आये हैं राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या पांच हजार पांच सौ तिरेपन है वहीं इसी अवधि में कोरोना के पांच मरीजों की मौत के साथ ही मृतकों का आंकड़ा बढ़कर एक हजार दो सौ चौंसठ हो गया है देश में कोविड उन्नीस से ठीक होने वालों की दर तिरानवे दशमलव आठ एक प्रतिशत हो गई है पिछले चौबीस घंटों के दौरान पैंतालीस हजार तीन सौ तैंतीस मरीज ठीक हुए हैं स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार ठीक होने वालों की कुल संख्या अठासी लाख सैंतालीस हजार से अधिक हो गई है इस समय देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या चार लाख छियालीस हजार नौ सौ बावन है अखिल भारतीय आयूर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली के मेडिसिन विभाग के एडिशनल प्रोफेसर डॉक्टर पीयूष रंजन ने आकाशवाणी से बातचीत करते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिये जीवनशैली बदलना और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना आवश्यक है उन्होंने एक बार में एक सप्ताह तक प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखने का दावा करने वाली औषधियों से सतर्क रहने की अपील की

संतुलित भोजन के रूप में करना होगा नियमित व्यायाम के रूप में करना होगा और बूरी आदतों जैसे कि सिगरेट शराब और दूसरी अन्य चीजों से दूरी बनाए रखना होगा और अमी जो बाजार में आप देखते हैं कि तमाम तरह के भ्रामक विज्ञापन आ रहे हैं जिसमें कि एक दिन दो दिन चार दिन पांच दिन इसमें आप कोई एक पर्टिकलर दवा खा लें उसके बाद आपकी इम्यूनिटी ठीक हो जाएगी तो ऐसे भ्रामक विज्ञापन से अपने आपको दूर रखें इम्यूनिटी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें आप एक दिन दो दिन कुछ खुराक दवा खा करके आप बना सकते हैं केंद्र सरकार ने देश के कोविड वैक्सीन विकास मिशन कोविड सूरक्षा के लिए तीसरी किश्त के रूप में नौ अरब रुपये के पैकेज की घोषणा की है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 विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा है कि इससे देश में पांच छह जगह टीके के विकास के काम में तेजी लाने में मदद मिलेगी कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर प्रदेश में श्रद्धालूओं ने गंगा गंडक के संगम समेत विभिन्न नदियों और सरोवरों में आस्था की डुबकी लगायी हमारे संवाददाताओं ने बताया है कि कोरोना के कारण इस बार अन्य वर्षो की तुलना में नदियों के तट पर लोगों की अपेक्षाकृत कम भीड़ देखी गयी पटना में गंगा तट के काली घाट कृष्णा घाट गांधी घाट पटना कॉलेज घाट समेत विभिन्न घाटों पर लोगों ने स्नान कर विभिन्न मंदिरों में पूजा अर्चना की और दान किया

उत्तर बिहार में भी लोगों ने बूढ़ी गंडक कमला और कोसी नदियों में पवित्र स्नान किया और पूजा अर्चना की आज के दिन को देव दीपावली के रूप में भी मनाया जाता है सिखों के पहले गुरु और सिख पंथ के संस्थापक गुरु नानक देव जी की पांच सौ इक्यावनवीं जयंती प्रकाश पर्व के रूप में आज श्रद्धा और उल्लास के साथ मनायी जा रही है इस अवसर पर पटना सिटी के तख्तश्री हरिमंदिर साहिब स्थित गुरू घर के विशेष दीवान में मुख्य समारोह और कवि दरबार आयोजित किया गया है सुबह से ही कथावचन और कीर्तन चल रहा है गुरूद्वारे में अटूट लंगर का भी आयोजन किया गया है तीन दिनों से चल रहे अखंड पाठ का देर रात समापन होगा इसके बाद श्रद्धुलओं को गुरूनानक देव जी के जन्म की कथा सुनायी जायेगी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए देश विदेश से श्रद्धालु पटना साहिब पहुंचे हैं

कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए इस अवसर पर बोधि वृक्ष के नीचे पूजा अर्चना की गयी जिसमें थाईलैंड सहित विभिन्न बौद्ध मठ के भिक्षुओं ने भाग लिया प्रदेश में उत्तर पश्चिमी हवा के प्रभाव से ठंड में बढ़ोतरी हुई है मौसम विज्ञान केन्द्र पटना के वैज्ञानिक अमित कुमार ने बताया कि आने वाले दिनों में हवा की गति बढ़ने के साथ ही कनकनी में और बढ़ोतरी होगी

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पटना एम्स से दीघा के बीच बने एलिवेटेड रोड का लोकार्पण किया एक हजार दो सौ नवासी करोड़ रूपये की लागत से बना यह सड़क प्रल बारह दशमलव दो सात किलोमीटर लंबा है बिहार का यह सबसे लंबा एलिवेटेड रोड है इस सड़क पुल पर आवागमन शुरू हो जाने से पटना के लोगों को सड़क जाम की समस्या से राहत मिलेगी और उत्तर बिहार आना जाना पहले की अपेक्षा आसान हो जायेगा

भागलपुर जिले में कहलगांव के नदिया टोला क्षेत्र में कुख्यात अपराधी दिव्यांशु झा को गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस टीम पर उसके गिरोह के अपराधियों ने बम से हमला कर दिया इस घटना में प्रशिक्षू आईपीएस अधिकारी भरत सोनी और अन्य पुलिस कर्मी बाल बाल बच गये